चुनाव आयोग ने मतदाताओं से उपचुनाव में बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ने युवाओं को संस्कृति व परम्पराओं के संरक्षण के प्रति शिक्षित करने पर दिया बल उपचुनाव धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

धर्मशाला के दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से बढ़चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ जबकि धर्मशाला क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में होगी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि चरित्र निर्माण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है शिमला ज़िले के सुन्नी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और ऐसे में युवाओं की शक्ति को रचनात्मक दिशा देने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि जब विचार सकारात्मक होंगे तो उन्नति की राह में कुछ भी बाधक नहीं हो सकता है इससे पूर्व कल शाम पीजी आई चण्डीगढ़ में हुए एक समारोह में राज्यपाल ने राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ नागरिक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चिकित्सकों को सम्मानित भी किया

हमीरपुर के नादौन में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने इस धनराशि को मनरेगा के साथ जोड़ कर खर्च करने पर बल दिया उन्होंने नादौन शहर में मछुआरों की सुविधा के लिए शैडों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रही शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने व उनके संरक्षण के लिए ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग एक योजना तैयार कर रहा है वीरेन्द्र कंवर ने विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन ज़िले के कुठाड़ में आज एक स्कूल के वार्षिक समारोह में कहा कि सभी विद्यालयों में आध्निक शिक्षा पद्धति के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता ज़रूरी है और युवा इस दिशा में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं राजीव सैजल ने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया संस्थान राजधानी शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय समारोह आज शुरू हुआ

समारोह के शुभारम्भ पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मकरंद आर परांजपे ने कहा कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अगले तीन दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इसके अलावा संस्थान में आय के साधन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जा रहा है पर्यटन बिलासपुर ज़िले में पर्यटन विकास को लेकर चर्चा करने के लिए आज बिलासपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया विधायक सुभाष ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि गोबिंद सागर झील से सटे घाटों का चरणबद्व ढंग से विस्तार किया जाएगा उन्होंने शहर के लोगों होटल संचालकों और नगर परिषद के वार्ड पार्षदों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग देने का आग्रह किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं को अपनी संस्कृति व परम्पराओं के संरक्षण के प्रति शिक्षित करने की ज़रूरत पर बल दिया है राजधानी शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में राज्यस्तरीय ज्ञान विज्ञान मेले की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का सही अर्थ विद्यार्थियों की कुशलता को बढ़ाना और उनमें अपनी संस्कृति व परम्पराओं के प्रति सम्मान पैदा करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि नैतिक शिक्षा के बिना शिक्षा अनुपयोगी है और शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को उच्च मूल्यों के बारे में शिक्षित करना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सरस्वती विद्या मंदिर उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है मुख्यमंत्री ने छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों में भी गहरी रूचि दिखाई खाद्य सुरक्षा सोलन ज़िला खाद्य सुरक्षा विभाग ने नगर परिषद के सहयोग से सोलन में खाद्य सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया इस दौरान शहर के रेहड़ी फड़ी वालों को खाद्य सुरक्षा की बारीकियों से अवगत करवाया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने मौजूद प्रतिनिधियों से स्वच्छ पानी के इस्तेमाल पर बल दिया उन्होंने कहा कि यदि रेहड़ी फड़ी वाले विभाग के आदेशों को अनदेखा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी

इसके शुभारम्भ अवसर पर उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देशभर में कई सामाजिक कार्य कर रहा है मैच चम्बा के चौगान मैदान में डीसी इलेवन और वैटरन क्रिकेट एसोसिएशन के बीच आज टी टवेंटी क्रिकेट मैच खेला गया मुकाबले में डीसी इलेवन ने वेटरन टीम को पराजित किया इस अवसर पर उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि खेलों से न केवल स्वस्थ रहने में मदद मिलती है बल्कि जीवन में नई स्फूर्ति का भी संचार होता है

लाहौल घाटी के कई भागों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है

हालांकि राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर भागों में दिनभर खिल रही धूप के चलते मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है